छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बीजापुर ने आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में हासिल किया पहला स्थान बिलासपुर जिले के ग्राम मेड़पार बाजार में पैंतालीस मेवेशियों की मौत जांच टीम गठित मुख्यमंत्री ने घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के दिए निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे कोरोना मरीज प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीज मिले हैं वहीं आज छह कोरोना पॉजीटिव मरीजों की मौत हो गई इनमें से चार मृतक रायपुर एक भिलाई और एक बलौदाबाजार जिले का रहने वाला था मृतकों में एक कांग्रेस नेता भी शामिल है राजधानी रायपुर में आज शाम तक इकतीस कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं दुर्ग जिले में आज शाम तक छियालीस नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें पच्चीस बीएसएफ के जवान हैं इसी तरह राजनांदगांव जिले में लॉकडाउन के पहले ही दिन कल अट्ठाईस मरीज मिले थे जिनमें तेईस आईटीबीपी के जवान हैं वहीं डोंगरगढ़ के उप जेल में बंद दो कैदी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं बेमेतरा जिले में एक जवान सहित छह मरीजों की पहचान की गई है इधर रायगढ़ जिले में आज चार नये कोरोना मरीजों की पहचान की गई है जिले में अब कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक सौ नवासी हो गई है उधर कोंडागांव जिले में भी आज चार नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं ये सभी सीआरपीएफ के जवान हैं तथा वे देउरगांव क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे थे इसी तरह बस्तर जिले में बीती रात अट्ठारह नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान हुई थी ये सभी सीआरपीएफ के जवान हैं वहीं सूरजपुर जिले में भी बीती रात आठ मरीज मिले थे गौरतलब है कि प्रदेश में बीती रात तक कुल छह हजार आठ सौ उन्नीस कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं जिनमें से चार हजार पांच सौ सड़सठ मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं वहीं दो हजार दो सौ सोलह मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है जबकि छत्तीस मरीजों की मौत हो चुकी है मुख्यमंत्री कोरोना अपील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है उन्होंने कहा कि कोरोना का अभी इलाज नहीं है और न ही वैक्सीन आ पाई है इसलिए बचाव में ही सुरक्षा है श्री बघेल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार मास्क सेनिटाईजर और फिजिकल डिस्टेंसिंग का लगातार कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए श्री बघेल ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राजधानी में कोरोना संक्रमण का बढ़ना चिंता का विषय है रायपुर के लोग जागरूक हैं बचाव के उपायों का पालन कर संक्रमण को रोका जा सकता है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संक्रमण से बचाव के सभी एहतियाती उपायों का क्रियान्वयन किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में मरीजों के लिए पर्याप्त बिस्तरों की उपलब्यता है मरीजों का समुचित इलाज किया जा रहा है और बड़ी संख्या में मरीज ठीक हो रहे हैं इस बीच मुख्य सचिव आरपी मंडल ने नगर निगम क्षेत्र रायपुर और बीरगांव में कोरोना रोकथाम के लिए बने कंटेनमेंट जोन में कड़ाई से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं मुख्य सचिव ने आज रायपुर और बीरगांव में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने कहा कि कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन एरिया में लोग बिना वजह घर से बाहर नहीं निकले जरूरी होने पर यदि बाहर जाना है तो मास्क या फेसकवर का उपयोग करें ऐसा नहीं करने पर महामारी नियंत्रण के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाए मुख्यमंत्री आईसीएमआर एम्स मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर बलराम भार्गव और एम्स रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर से फोन पर चर्चा की इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए प्लाज्मा थैरेपी सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं और आगे की उपचार रणनीति पर विस्तृत चर्चा की मुख्यमंत्री ने प्रोफेसर भार्गव से छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए अपनाए जा रहे उपायों के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इलाज सुविधाओं में किए जा रहे विस्तार और टेस्टिंग की संख्या तथा बढ़ोत्तरी के संबंध में बातचीत की वहीं श्री बघेल ने एम्स रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर नागरकर से एम्स में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों की स्थिति उनके उपचार के लिए उपलब्ध मेडिकल स्टाफ और बिस्तर सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने प्लाज्मा थैरेपी सहित आगे की उपचार की रणनीति पर भी चर्चा की डॉक्टर नागरकर ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी इस बीच मुख्यमंत्री ने प्लाज्मा थैरेपी के संबंध में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह से आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है होम आइसोलेशन दिशा निर्देश रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होम आइसोलेशन की प्रक्रिया पहले डॉक्टरों पर लागू की जाएगी यह सफल होने पर कोरोना पॉजीटिव पाए गए केटेगरी सी के मरीजों को होम आइसोलेशन करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन के लिए मरीज के घर में अलग हवादार कमरा और शौचालय होने पर ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी इस अवधि के दौरान जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके लिए नियुक्त स्वास्थ्यकर्मी प्रतिदिन मरीज और उनके अटेंडेंट से फोन के माध्यम से संपर्क में रहेंगे जिन मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जाएगा उनके घर में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः निषेध रहेगा लॉकडाउन महासमुंद जिले के बागबाहरा बसना और महासमुंद नगरीय निकाय क्षेत्र में बीती मध्यरात्रि से पूर्णतः लॉकडाउन लागू हो गया है तीनों नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में यह लॉकडाउन इकतीस जुलाई तक लागू रहेगा इसके मद्देनजर अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस की टीम ने आज सुबह फ्लैग मार्च किया और लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने तथा सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की समझाइश दी वहीं बागबाहरा में बिना मास्क के घूमने वाले नब्बे लोगों से करीब नौ हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया वहीं बलरामपुर जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है इसी तरह बालोद शहरी क्षेत्र में छह दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है उधर कोरिया जिले में कलेक्टर एसएन राठौर ने कोरोना संक्रमण को रोकने को लिए जिले के सभी एसडीएम जनपद पंचायत के सीईओ नगरीय निकाय के आयुक्त और सीएमओ को राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं जिले के बैकुंठपुर में साप्ताहिक बाजार अब मिनी स्टेडियम में रविवार और गुरूवार को दो दिन लगेगा इधर रायगढ़ में कलेक्टर भीम सिंह और पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने पैदल मार्च करते हुए शहर का निरीक्षण किया इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के पंद्रह नगरीय निकायों में लॉकडाउन के दूसरे दिन कलेक्टर यशवंत कुमार और पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर ने भी शहर में पैदल मार्च किया वहीं कबीरधाम जिले के नगर पंचायत पंडरिया के संपूर्ण क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है इस दौरान कल रात्रि बारह बजे से दो अगस्त की रात्रि बारह बजे तक समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे उधर नारायणपुर के नगर पालिका क्षेत्र में आगामी सत्ताईस जुलाई से दो अगस्त तक लॉकडाउन लागू होगा

नीति आयोग द्वारा जून दो हजार बीस की स्थिति में आज जारी की गई आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बीजापुर ने विभिन्न मानकों में बेहतर प्रदर्शन किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए जिलेवासियों और जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई दी है गौरतलब है कि स्वास्थ्य पोषण शिक्षा कौशल विकास कृषि जल संसाधन वित्तीय समावेशन और बुनियादी अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हुए बीजापुर ने अपने डेल्टा अंकों में पूरे देश में सर्वाधिक दो दशमलव तीन अंकों की वृद्धि की है बीते फरवरी में हुई डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर को अड़तालीस दशमलव एक अंक मिले थे जबकि जून की रैंकिंग में उसे पचास दशमलव चार अंक मिले हैं आकांक्षी जिलों के रूप में शामिल देशभर के एक सौ बारह जिलों में बीजापुर पहले स्थान पर रहा

इस मामले में एडिशनल कलेक्टर स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में जांच टीम गठित कर दी गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मवेशियों की मृत्यु की घटना को गंभीरता से लिया है उन्होंने बिलासपुर कलेक्टर को इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं श्री बघेल ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यजनक है इस बीच बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने बताया कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं उन्होंने बताया कि मृत गायों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है गाय मालिकों को मुआवजा देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं गांव के सरपंच विनोद धृतलहरे ने बताया कि गांव में गौठान नहीं है इसलिए पुराने पंचायत भवन में मवेशियों को रखा जा रहा है उन्होंने कहा कि कल शाम सौ से अधिक गायों को पंचायत भवन में रखा गया था फिलहाल इतनी बड़ी संख्या में गायों की एक साथ कैसे मौत हुई इसका पता नहीं चल सका है जांच के बाद ही कारणों का पता चल सकेगा इस बीच गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास ने गायों की मौत के मामले को लेकर अधिकारियों से बातचीत कर पूरी जानकारी ली और आयोग की एक टीम बनाकर घटनास्थल के लिए रवाना किया महंत दास ने कहा कि इस मामले में हर स्तर पर जांच की जाएगी लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी उन्होंने कहा कि सभी गौ शालाओं और गौठानों के बारे में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं

इस मामले में कलेक्टर को दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहा गया है इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बिलासपुर जिले के मेड़पार बाजार में पचास मवेशियों की मौत की घटना को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है श्री साय ने कहा कि मवेशियों की मौत से यह स्पष्ट हो गया है कि गोधन न्याय योजना का प्रचार करने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार गौठानों का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर पा रही है उन्होंने कहा कि गौठान बने नहीं है जो बने हैं उनमें चारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं है मेड़पार बाजार की घटना से सरकार के दावों की पोल खुल गई है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे इसे आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी डीडी न्यूज पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में शाम आठ बजे इसका पुनः प्रसारण भी किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इस वित्तीय वर्ष में एक लाख संतावन हजार से अधिक मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है योजना के संचालक एस प्रकाश ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर इसके लिए प्राथमिकता निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने सभी जिलों में इस वर्ष योजना के तहत बनने वाले मकानों की जानकारी भी भेजी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए चौहत्तर हजार छह सौ छियानवे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए लगभग बीस हजार अल्पसंख्यक वर्ग के लिए साढ़े आठ सौ और अन्य वर्गों के हितग्राहियों के लिए बासठ हजार से अधिक मकान बनाए जाएंगे माओवादी सुरक्षा बल गश्त बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा आगामी अट्ठाईस जुलाई से दो अगस्त तक बंद की घोषणा के मद्देनजर गश्त तेज कर दी है इस बीच आज भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में जिला पुलिस बल की टीम ने गश्त के दौरान टिन्डोडी बिरियाभूमि और उसपरि में माओवादियों द्वारा बनाए गए चार स्मारक को ध्वस्त कर दिया कोरोना संकट वनवासी कोरोना संकट काल में बस्तर के स्वादिष्ट काजू ने अंचल में रहने वाले वनवासी परिवारों की आमदनी बढ़ा दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पैकेजिंग और बस्तर ब्रान्ड नाम से इसे नये स्वरूप में अभी हाल ही में लॉन्च किया है बस्तर के काजू की मांग को देखते हुए इसे वन विभाग के संजीवनी स्टोर में भी उपलब्ध कराया गया है राज्य सरकार ने वनांचल में रहने वाले लोगों को वनोत्पाद के जरिये रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम के चलते बंद पड़े काजू प्रसंस्करण को फिर से शुरू किया है

नाग पंचमी नाग पंचमी का पर्व आज प्रदेशभर में पारंपरिक ढंग से मनाया गया इस साल कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए लोगों ने नागपंचमी की पूजा के दौरान लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन किया इस साल कहीं से भी कुश्ती और दंगल जैसे पारंपरिक खेलों का आयोजन होने की खबर नहीं है संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के नव नियुक्त अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे श्री बघेल ने श्री देवांगन को नया दायित्व मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं

वहीं जांजगीर चांपा जिले में एसडीएम बजरंग दुबे ने कंटेनमेंट एरिया में ड्यूटी से अनुपस्थित तीन शिक्षकों को निलंबित करने की अनुशंसा की है कोंडागांव जिले के ग्राम खालेमुरवेंड के पास बीती रात एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई इस हादसे में चालक की मौत हो गई राजनांदगांव पुलिस ने हत्या के एक मामले में चौबीस घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है महासमुंद जिले के ग्राम खट्टीडीह में भालू के हमले से एक किसान की मौत हो गई वन विभाग ने मृतक के परिजनों को पच्चीस हजार रूपये की तत्कालिक सहायता राशि उपलब्ध कराई है

दुर्ग जिले के सुपेला स्थित लक्ष्मी मार्केट में आज गैस चूल्हा रिपेरिंग शॉप में गैस सिलेंडर फट जाने से आग लग गई इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है